आज से पवित्र सावन महीने की शुरूआत

प्रदेश में कोरोन संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है पिछले चौबीस घंटों में चार सौ चार नये मामलों की प्रष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या ग्यारह हजार आठ सौ चौंसठ हो गयी है वहीं संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर तिहत्तर दशमलव नौ शून्य प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में दो सौ सतहत्तर मरीजों के स्वस्थ हुये है

वर्तमान में प्रदेश में कोविड उन्नीस के तीन हजार चार सक्रिय मामले हैं इस वैश्विक महामारी से अब तक नब्बे लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बेगूसराय जिले में संक्रमण के सबसे अधिक बावन मामले सामने आये मुजफ्फरपुर में पैंतालीस पटना में अड़तीस वैशाली में उनतीस भागलपुर और नालंदा में बाईस बाईस नवादा में इक्कीस पश्चिम चंपारण में अठारह और जहानाबाद में सोलह लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं इसके अलावा मुंगेर जमुई सीवान समेत कई जिलों में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है राजधानी पटना में संक्रमित हुये लोगों में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख और आईजीआईएमएस के निदेशक भी शामिल हैं इधर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है इस बीच व्यवहार न्यायालय के एक वकील और दानापुर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के एक चुतर्थवर्गीय कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पटना सदर दानापुर अनुमंडल और पटना सिटी अनुमंडल में चल रहे सैनिटाइजेशन कार्य के कारण अदालतें दो दिन और बंद रहेंगी पटना के पीएमसीएच और आरएमआरआई में आज से कोरोना के नमूनों की विधिवत जांच फिर शुरू हो रही है गौरतलब है कि इन संस्थानों के कुछ कर्मियों के संक्रमित होने से कोरोना नमूनों की जांच बाधित हो गयी थी वहीं महावीर कैंसर संस्थान की ओपीडी भी एक सप्ताह बंद होने के बाद आज से खूल रही हैं पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि आईसोलेशन सेन्टर से स्वस्थ होकर घर लौटने वाले मरीजों को सात दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा उन्होंने आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टरों की उपस्थिति और प्रति दिन जांच के लिए पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी दिया है कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुये पाटलिपुत्र सर्राफा संघ और ठाकुरबाड़ी रोड व्यवसायिक संघ ने बारह जुलाई तक पटना में अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है वहीं बिना मास्क के दुकानों का संचालन करने के मामाले में पटना जिला प्रशासन ने तीस से अधिक दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुये जुर्माना लगाया है ये दुकानें तीन दिनों तक बंद रहेंगी आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर विश्व में सबसे अधिक है

ये शायद दुनिया के अन्दर सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल से अभी इस रिकवरी रेट के आसपास केवल जो है रशिया है बाकी सब दुनिया के सब विकसित देश हमारे रिकवरी रेट से पीछे हैं दुनिया में सबसे बेहतर रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट फैटेलिटी रेट भी हमारा जो मृत्यु दर है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है

बाकी जो हैं उसमें से अधिकांश लोग भी रिकवरी पर हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कोरोना के उपर निर्णायक विजय है वो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह लाख संतानवे हजार चार सौ तेरह हो गई है वहीं देश भर में अब तक चार लाख चौबीस हजार चार सौ तैंतीस रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या उन्नीस हजार छह सौ तिरानवे हो गई है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि भारत कोविड उन्नीस संक्रमण के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है कोविड पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं बाईट अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि यह वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में प्रदेश में आगामी पन्द्रह जुलाई तक तेईस लाख से अधिक नये परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे

कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डाक विभाग गांव गांव तक सस्ती कीमतों में फेस मास्क सैनेटाईजर और पीपीई कीट उपलब्ध करायेगा पूर्वी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि विभाग ने इसके लिए खादी इंडिया के साथ समझौता किया है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रदेश में जीविका दीदियों ने दो माह में दो करोड़ दो लाख से अधिक मास्क बनाये हैं उन्होंने कहा कि मास्क बनाने के काम में जीविका के साथ साथ नौ सौ साठ प्रवासी मजदूर भी लगे हुये हैं केन्द्र सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए आज से केन्द्र संरक्षित स्मारक स्थल खोलने का फैसला किया है केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल उन्हीं स्मारकों और संग्रहालयों को खोला जायेगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र संरक्षित स्मारकों और पर्यटन स्थलों को साफ सफाई सुरक्षित दूरी बनाये रखने और स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी अन्य नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक के साथ भागीदारी की है सीबीएसई से संबंद्व स्कूलों और शिक्षकों को पहले चरण में इस वर्ष अगस्त से नवम्बर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा

प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों तथा शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन रहने के संबंध में जानकारी दी जाएगी इस कार्यक्रम में दस हजार शिक्षक और दस हजार छात्र शामिल हैं आज से पवित्र माह सावन की शुरूआत हो गयी है कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार के आदेश पर सभी शिव मंदिर आम भक्तों के लिये बंद हैं श्रावणी मेलों के आयोजन के साथ ही कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है श्रद्वालू घरों में ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं इधर झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष श्रावणी मेले के आयोजन नहीं होने के चलते देवघर से बाबा बैद्यनाथ के ऑनलाइन दर्शन और आरती कार्यक्रम का लाइव प्रसारण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया है कि जिले के गुप्तेश्वर धाम सहित सभी शिव मंदिरों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुये श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन की अनुमति दी गयी है राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्ररे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना बनी हुई है विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों तक अररिया सुपौल किशनगंज सहरसा पूर्णियां खगड़िया मुंगेर भागलपुर लखीसराय जमुई और बांका जिलों में बारिश की सम्भावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से तिरसठ प्रतिशत अधिक बारिश हुई है पिछले चौबीस घंटों में पटना में बहत्तर मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी गया में छियालीस दशमलव आठ और भागलपुर में चौदह दशमलव छह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य के विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है दरभंगा में कोसी कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है मुजफ्फरपुर में लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि से औराई और कटरा प्रखंड में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है उधर नवादा जिले के वारसलीगंज खरांठ पथ पर बासोचक नहर पर निर्माणाधीन पुल के पास बना डायर्वसन पानी के तेज बहाव में बह गया इससे आवागमन बाधित हो गया है बगहा में गंडक के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है सीतामढ़ी में बागमती सहित अन्य नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से देश में फाइव जी नेटवर्क की नीलामी प्रक्रिया में चीन की कंपनी हुआवई टेक्नॉलोजिस और जेड टी ई कॉर्पोरेशन को शामिल नहीं करने की अपील की है केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में परिसंघ के महामंत्री प्रवीण खण्डेलवाल ने कहा है कि देश के सात करोड़ से अधिक व्यापारियों ने यह अनुरोध किया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि हर जिले में विशेष फसल के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी फसलों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था भी करेगी ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके प्रदेश में उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग चौंतीस हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया इसी महीने शुरू होगी शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने इन पदों पर बहाली की स्वीकृति मंत्रिमंडल से ले ली है शिक्षकों के नियोजन में बीएड के साथ ही एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा दरभंगा पश्चिम चंपारण गोपालगंज और जमुई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ आठ लोगों को गिरफ्तार किया है इस दौरान हजारों लीटर अर्द्व निर्मित शराब के साथ दस भट्टियों को नष्ट कर दिया गया है सुपौल जिला पुलिस ने लूटपाट के एक मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है भागलपूर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मोतीचक गांव में मिट्टी धंसने से दो बच्चों की दबकर मौत हो गयी जबकि छह अन्य घायल हो गये पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी में अलग अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने देशभर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर को ग्राफिक्स और आंकड़ों के साथ प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है भारत तीसरे नम्बर पर पहुंचा बिहार तैयार दैनिक जागरण ने शिक्षा से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है विश्वविद्यालय कॉलेजों की लम्बित परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द दैनिक भास्कर ने वर्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है पटना में अब तक एक सौ तीन प्रतिशत बिहार में तिरसठ फीसदी ज्यादा वर्षा प्रभात खबर ने सड़क हादसों से जुड़ी खबर को प्रकाशित करते हुये लिखता है चार फीसदी की रफ्तार से बढ़े सड़क हादसे राष्ट्रीय सहारा ने सड़क निर्माण से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है नौजरघट से दीदारगंज तक बनेगा एलिवेटेड रोड पीएमसीएच से गंगा पथ तक कनेक्टिविटी दैनिक आज की सुर्खी है सीमा पर तनाव के बीच राष्ट्रीपति से मिले प्रधानमंत्री और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी

आज से पवित्र सावन महीने की शुरूआत